राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी परिवार सहित अपने आवास पर दीप जलाकर प्रदेशवासियों के साथ कोरोना महामारी के अंधेरे को मिटाने का संकल्प लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के संकल्प में उनके साथ खड़ा है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिल्ली में निज़ामुद्दीन तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रदेश के लोगों का पता लगाने के अधिकारियों को निर्देश दिए है सभी उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्दी तथा नालागढ़ क्षेत्रों में कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों के सम्पर्क में रहने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर क्वारंटाइन में रखा जाए ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकें मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा का ब्यौरा छुपाने वाले लोगों व उन्हें आश्रय देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

उन्होनें बताया कि इन आदेशों के अनुसार इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में कोई छूट नहीं होगी और कोई भी दुकान व बैंक नहीं खोले जा सकेंगे जबकि आवश्यक वस्तुओं व दवाइयों का उत्पादन करने वाले उद्योग कार्यरत रहेंगे सहायता प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते लागू कर्फ्यू के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग के लोगों को भोजन की व्यवस्था करने के लिए जहां सरकार प्रशासन और कई समाज सेवी संस्थाएं व संगठन आगे आ रहे हैं वहीं सोलन की गुरूद्वारा सभा भी इसमें अहम योगदान दे रही है सोलन के सपरून स्थित गुरूद्वारा सभा द्वारा हर रोज़ हज़ारों लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है इसके लिए जहां सभा के सदस्य अनुदान दे रहे हैं वहीं स्थानीय लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं

उन्होंने छात्रों से कोरोना महामारी के चलते घर पर ही रह कर इन्ग् की ऑनलाईन सहायता सेवाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है

दैनिक जागरण का शीर्षक है शाहपुर की महिला बनी कोरोना विजेता एक और जमाती पॉजिटिव जमातियों को चेतावनी जानकारी छिपाई तो हत्या के प्रयास का केस दैनिक भास्कर लिखता है मरकज या विदेश से आने के बाद जानकारी छिपाने पर हत्या के प्रयास का दर्ज होगा केस छिपे जमातियों पर दर्ज होगा हत्या का केस शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है हिमाचल सरकार ने दिए निर्देश जानकारी छिपाने वाले धर्म ग्रू भी आएंगे लपेटे में पंजाब केसरी लिखता है मरकज़ में शामिल इंदौरा निवासी निकला कोरोना पॉजिटिव आपका फैसला के अनुसार मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएगी आवश्यक दवाईयां जयराम ठाकुर ने राज्य औषधी नियंत्रक को दिए जरूरी दिशा निर्देश

दैनिक भास्कर के शब्द हैं सीआरआई कसौली में पहंची कोरोना टैस्ट किट आज से शुरू होंगे टैस्ट दैनिक संवेरा टाइम्स का शीर्षक है हेल्मेट कम्पनी के चार लोग कोरोना पॉजिटिव सरकार से मंजूरी के बाद हेल्मेट कम्पनी के मालिक सहित सात लोग मेदांता अस्पताल शिफ्ट हिमाचल दस्तक की एक ख़बर है कोरोना के खिलाफ जंग मुख्यमंत्री ने ओकओवर में जलाए दीपक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

नमस्कार